इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने एक संदेश में कहा कि योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाईचारे का संदेश देता है उन्होंने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उमरा है यह किसी से भेदभाव नहीं करता तथा नस्ल रंग स्त्री पुरुष धर्म और देश की विभिन्नता के तमाम अंतरों से परे है नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अगर दुनिया को कोरोना महामारी से मुक्त होना है तो योग को अपनाना होगा उन्होंने कहा कि योग धरती को स्वस्थ और सुरक्षित स्थल बनाने की दिशा में सशक्त प्रयास है यह हमारी श्वास प्रणाली और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करता है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस हमारी श्वास प्रणाली को संक्रभित करता है प्राणायाम और अनुलोम विलोम जैसे योगाम्यासों से श्वास प्रणाली मजबूत होती है प्रधानमंत्री ने लोगों से योग को एक दैनिक गतिविधि के रूप में अपनाने की अपील की है हिमाचल योग इधर हिमाचल प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ध्म रही और लोगों ने घरों में योगासन और प्राणायाम किए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में योग क्रियाएं की उन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए योग को जरूरी बताया मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर में अपने परिजनों के साथ योगाभ्यास किया उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि योग हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है और ऋषि मुनियों ने पूरे विश्व को योग सिखाया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से पूरा विश्व योग को अपना रहा है उन्होंने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह किया कोविड हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में लागतार वृद्धि जारी है

इनमें से अधिकांश लोग राज्य के बाहर से आए हैं जो क्वारंटीन केन्द्रों में रह रहे थे

राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के परिजनों को सामाजिक दूरी के बारे में शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम शुरू किया है मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज केलंग में महिला मण्डलों के साथ बैठक कर जिले में कृषि बागवानी और पर्यटन विकास पर चर्चा की और उनके सुझाव लिए उन्होंने महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दीं मारकंडा ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ है लेकिन भविष्य में लाहौल घाटी में पर्यटन बढ़ेगा और इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि व बागवानी के क्षेत्र में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा ओंकार शर्मा राजस्व कृषि व जनजातीय विकास विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने चम्बा जिले का दो दिवसीय दौरा किया इस दौरान उन्होंने भरमौर उपमण्डल में चल रहे विकास कार्यो का जायजा लिया और अधिकारियो को किसानों व बागवानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करने की दिशा में काम करने को कहा उन्होंने क्षेत्र में चल रही अनेक विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की

विभाग ने किन्नौर और लाहौल स्पिति जिलों को छोड़कर अन्य भागों के लिए येलो अर्ल्ट जारी किया है मौसम विभाग ने अगले तीन चार दिन राज्य में गरज के साथ वर्षा की सम्भावना जताई है